हिमाचल दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्वाओं को अनुग्रह अनुदान का ऐलान पर्यटन उद्योगों के लिए जून तक बढ़ाई गई सबवेंशन योजना

और जनजातीय क्षेत्रों की ऊपरी चोटियों पर हल्का हिमपात जारी अगले दो दिन प्रदेश के कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इस दौरान कोविड मानकों का प्रा पालन किया गया राज्यस्तरीय समारोह मंडी जिले के पधर में हआ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दीं और प्रदेश में हुए विकास का उल्लेख किया

इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्वाओं को अतिरिक्त मानदेय देने का ऐलान किया

मुख्यमंत्री ने पर्यटन उद्योग के लिए भी राहत का ऐलान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन उद्योग पर कोरोना से पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सबवेंशण योजना इस वर्ष जून तक बढ़ाई जाएगी

इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके मौजूद रहे कांगडा दिवस कांगड़ा का जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह पुलिस मैदान धर्मशाला में हआ जहां विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली उन्होंने कहा कि विकास के मामले में हिमाचल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ई विधान प्रणाली लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है

कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार हिमाचल दिवस समारोह कोविड मानकों को ध्यान में रखते हए मनाया गया इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तृत किए गए ऊना दिवस ऊना में हुए ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है

लाहौल दिवस जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में भी हिमाचल दिवस समारोह की धूम रही जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली

हमीरपुर दिवस हमीरपुर में भी हिमाचल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली उन्होंने कहा कि हिमाचल में हुए विकास के कारण ही इसकी गिनती देश के प्रगतिशील राज्यों में की जाती है किन्नौर दिवस रिकांगपिओ में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और तिरंगा फहराया उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल ने उल्लेखनीय प्रगति की है और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं कुल्लू दिवस शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए हिमाचल को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं पहली से आठवीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है सोलन दिवस उद्योग मंत्री बिकम ठाक्र ने सोलन के ठोडो मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया उन्होंने कहा कि अपने गठन के बाद से हिमाचल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और शिक्षा सड़क और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है बिक्रम ठाक्र ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी चंबा दिवस वन मंत्री राकेश पठानिया ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने तिरंगा फहराया और लोगों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दीं उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया नाहन दिवस सिरमौर का ज़िला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित किया गया जहां ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ध्वजारोहण किया

बिलासपुर दिवस खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने बिलासपुर में ज़िला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि बिलासपुर में इस वर्ष एम्स की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही ओपीडी भी शुरू की जाएगी राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि एम्स से पूरे प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जंगलों में आग की घटनाओं की निगरानी के लिए जागरूकता अभियान को भी हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए डेढ़ करोड़ रूपये देने का ऐलान भी किया मौसम प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर आज दोपहर बाद से हल्का हिमपात हो रहा है जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा भी हुई मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है जिसके चलते ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात और अन्य क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है

एनपीएस नई पैंशन योजना कर्मचारी महासंघ ने हिमाचल दिवस के अवसर पर पुरानी पैंशन बहाली को लेकर कोई ऐलान न करने पर नाराजगी जताई है महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु या अपंगता पर पुरानी पेंशन का प्रावधान है लेकिन हिमाचल सरकार ने इस प्रावधान को अभी तक लागू नहीं किया है